अब तक अंठानवे हजार चार सौ चौवन लोग हो चुके हैं स्वस्थ

बक्सर और भोजपुर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा

भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने आज कहा कि उनकी पार्टी बिहार में इस साल अक्तूबर नवंबर में होने वाला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लडेगी श्री नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा जदयू और एलजेपी का गठबंधन बरकरार है और तीनों दल मिलकर न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि तीन चौथाई से अधिक बहुमत से जीत भी हासिल करेंगे

बैठक को भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया प्रदेश में कोविड उन्नीस मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार अब तक अस्सी दशमलव छह प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चूके हैं एक दिन में स्वस्थ होने वालों की दर एक प्रतिशत से अधिक बढ़ी है पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार पांच सौ इकतीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी

वहीं पिछले चौबीस घंटों में नौ लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर छह सौ दस हो गया है इधर आज प्रदेश में कोविड उन्नीस के दो हजार दो सौ सैंतालीस नये मामलों की प्रष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बाईस हजार एक सौ छप्पन हो गई है आज सबसे अधिक दो सौ तीन मामले पटना जिले से सामने आये हैं बेगूसराय से एक सौ उनसठ मुजफ्फरपुर से एक सौ सत्ताईस सहरसा से एक सौ बीस और भागलपुर से एक सौ पंद्रह मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसी तरह मधुबनी से संतानवे कटिहार से छियानवे गया से इक्यासी पूर्णिया से उनासी और पूर्वी चंपारण से छिहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में आज एक लाख एक हजार छत्तीस कोविड नमूनों की जांच हुई राज्य में अब तक चौबीस लाख बत्तीस हजार से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है राजधानी पटना में कोरोना के पॉजिटिव मामलों में लगातार कमी आ रही है आज दो सौ तीन नये मामले सामने आये हैं बाईस अगस्त को दो सौ उनासी इक्कीस अगस्त को तीन सौ आठ बीस अगस्त को तीन सौ सड़सठ और उन्नीस अगस्त को चार सौ बाईस मामले सामने आये थे जिले में स्वस्थ होने की दर अस्सी प्रतिशत से अधिक हो गयी है कुल चौदह हजार एक सौ बीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है जबकि एक सौ चौदह लोगों की इस महामारी से मौत हुई है देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर चौहत्तर दशमलव नौ प्रतिशत तक पहुंच गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग अंठावन हजार लोग स्वस्थ हुए हैं मृत्यु दर एक दशमलव आठ छह प्रतिशत पर आ गई है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के उनहत्तर हजार दो सौ उनचालीस नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकडा तीस लाख चौवालीस हजार नौ सौ इकतालीस हो गया है इस दौरान इस संक्रमण से नौ सौ बारह लोगों की मौत हो गई इसके साथ ही मरने वालों की संख्या छप्पन हजार सात सौ छह हो गई है अब तक कुल बाईस लाख अस्सी हजार रोगी स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सात लाख सात हजार छह सौ अड़सठ लोगों का अभी इलाज चल रहा है नई दिल्ली के सीताराम भरतीया इंस्टीटयूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया है बाईट जब तक हमारे पास इसकी ट्रिटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकाशनली मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जब कि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संविदा पर काम कर रहे कर्मी आज से अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले गये हैं संविदा कर्मियों की हड़ताल के कारण कोविड की जांच भी प्रभावित हुई है केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दो हजार तेरह के अंतर्गत लाने को कहा है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए जिन लोगों को इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल नहीं किया गया है उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों में दिव्यांगजनों को शामिल करना इसलिए आवश्यक है ताकि समाज के इस कमजोर तबके को लाभ दिया जा सके सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया की आज घोषणा की इसके अन्तर्गत कैमरा के सामने आने वाले कलाकारों के अलावा सेट पर मौजूद सभी लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा सभी प्रवेश द्वार पर आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी शूटिंग के दौरान कम से कम कास्ट और क्रू मेंबर होने चाहिए साथ ही सेट पर किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है गंगा नदी में उफान से सबसे अधिक प्रभावित खगड़िया भागलपुर कटिहार और मुंगेर जिले हैं मुंगेर जिले के दियारा क्षेत्र के साथ साथ तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं वहीं शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है दियारा क्षेत्र के जाफर नगर सीताचरण बिंद टोला कृतलुपुर बहादुरनगर और टीकारामपुर सहित कई गांव बाढ़ की पानी से प्री तरह घिर गये हैं इन क्षेत्रों से लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं सदर प्रखंड के चंडिका स्थान के पास टीकारामपुर और सीताकुंड डीह गांव की रिथति लगातार खराब होती जा रही है इन क्षेत्रों में सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गयी है लोग राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अट्ठाईस पर शरण ले रहे हैं भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सबौर कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं नाथनगर के दियारा इलाके में सब्जियों और फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है खगड़िया जिले में गोगरी और परबत्ता प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित है कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मनिहारी प्रखंड के कई पंचायतों में भीषण कटाव हो रहा है बाढ़ के पानी के कारण प्राणपुर मनिहारी अमदाबाद और बरारी प्रखंड के कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है इधर भोजपुर जिले के बड़हरा और शाहपुर प्रखंड क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है कई गांवों का संपर्क प्रखण्ड मुख्यालय से भंग हो गया है जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है इधर बक्सर जिले में कई स्थानों पर गंगा नदी से कटाव शुरू हो गया है दियारा के कछार में नदी के पानी के फैलाव को देखते हुये अभी से लोग ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं वहीं गंगा की सहायक नदियों कर्मनाशा ठोरा धर्मावती और कंचन के तटीय इलाको में भी पानी रिसाव होने लगा है दूसरी तरफ गंडक नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज और सारण जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड में भसही नदी की धारा को तोड़ने के लिए बना स्टर्ड नदी में समा गया है मौके पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जारी है वहीं बैकुंठपुर प्रखंड में भी स्थिति और खराब हो गयी है कच्चे घरों के क्षतिग्रस्त होने से लोग फुटपाथ पर रहने को विवश हैं सारण जिले में कई ग्रामीण सड़कों पर तीन से चार फूट पानी आ गया है जिस कारण आवागमन बाधित हैं वहीं जिले के तरैया में बाढ़ के पानी में कमी आयी है सिवान की भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है उत्तर बिहार के जिलों दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर सुपौल सहरसा और मधेपुरा में हालात अब सामान्य होने लगे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों में लगभग चौरासी लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है गंगा नदी को छोड़कर प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट आयी है जल संसाधन विभाग के अनुसार कई प्रमुख नदियों के जलस्तर की प्रवृति या तो स्थिर बनी हुई है या इसमें कमी हो रही है गंडक नदी पश्मिच चंपारण के चटिया में लाल निशान से नीचे आ गयी है जबकि गोपालगंज के ड्रमरियाघाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र छियासठ सेंटीमीटर ऊपर रह गया है वहीं ब्रढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा में लाल निशान से अब भी दो मीटर साठ सेंटीमीटर जबकि खगड़िया में लगभग एक मीटर ऊपर है सिकन्दरपुर और समस्तीपुर में नदी खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर बेनीबाद और हायाघाट में अभी लाल निशान से ऊपर है लेकिन जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है अधवारा समूह की नदियां अब केवल दरभंगा के एकमीघाट में लाल निशान से चौंसठ सेंटीमीटर ऊपर बह रही है कमला बलान और कोसी नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे है वहीं महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृति बनी है लेकिन यह तैयबपुर ढेंगराघाट और झावा में लाल निशान के नीचे बनी हुई है गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट हाथीदह के साथ साथ मुंगेर और भागलपुर में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में गिरावट आयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश जबकि दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है

बिहार सरकार ने उनतालीस अनुमंडल पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के दस नव नियुक्त अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है पटना के बेउर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दफ्तर में घुसकर एक प्रोपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी

दरभंगा जिले के रैयाम थानाध्यक्ष आरके सिंह को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन तलाशी के दौरान इकसठ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है पश्चिम चम्पारण जिले के नरकटियागंज प्रखण्ड क्षेत्र स्थित हडबोडा नदी में स्नान के दौरान दो बच्चे की डूबने से मौत हो गयी दरभंगा के विद्यापति संस्थान ने मखाना की जीआई टैगिंग बिहार मखाना के बजाय मिथिला मखाना के नाम से करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है

अब तक अंठानवे हजार चार सौ चौवन लोग हो चुके हैं स्वस्थ

बक्सर और भोजपुर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा